निगम के अध्यक्ष सनीता द्रग्गल ने इस मौके लाभार्थियों को रविदास दिवस की बधाई देते हये कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो इसी के दृष्टिगत निगम ने अनुसूचित जाति के लोगों को लघ् उद्योग लगाने के लिए ऋण स्विधा विभिन्न बैंको तथा निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई है उन्होंने लाभार्थियों से ऋण का भ्गतान समय पर करने को कहा उन्होंने बतायाकि अन्सूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये कौशल भारत अभियान के तहत निश्ल्क छ माह का प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैकनौलजी के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र मुरथल में स्थित है जहां दसवीं पास य्वाओं को निश्ल्क प्रशिक्षण दिया जाता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये हर संभव कार्य कर रही है आज रेवाड़ी जिले के बावल में चार करोड़ आठ लाख रूपये से निर्मित दो मंजिला नगरपालिका भवन बावल भवन का उदघाटन करने के बाद जन सभा को सम्बोधित कर रहे थे

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रु रविदास जैसे महाप्रुर्षों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं हमें ऐसे महाप्रुषों के जीवन व शिक्षाओं से सीख लेनी चाहिए और समाज में सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहिए आज चंडीगढ़ में ग्रु रविदास जयंती की प्र्व संध्या पर जारी आज एक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महाप्रुषों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सामाजिक समरसता के लिए समाज को एक ज्ट उस समय किया जब समाज में रूढ़ीवादी विचारों का बोलबाला था और अज्ञानता फैली हई थी

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि हिम्मल प्रा निवासी की आज प्रानी जहंा पीने के पानी की समस्या दूर हुई है वहीं हिम्मतपुरा द्धला मंडी ग्लाब मंडी तोपखाना परेड़ वासियों को नगर निगम में शामिल करने के काम की भी मंजूरी मिला गई है श्री विज ने आज अम्बाला के हिम्मतप्रा में पेयजल नलकूप का उदघाटन करने के बाद जनसभा को सम्बोधित करते हये इन क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने की हरियाणा व आर्मी के उच्च अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है

उनके बाद ही इन्हें नगर निगम द्वारा मिलने वाली सभी स्विधायें मिलने लगेगी भिवानी के राजकीय आईटीआई में परसों बीस फरवरी को रोज़गार मेले का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रदेश के आईटीआई से पास इलैक्ट्रीशियन फिटर वेंल्डर मैकेनिकपेंटर वकार पेंटर ट्रेड के विदयार्थी भाग ले सकते है

हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि वैज्ञानिक तकनीक के प्रचार मे जो सहयोग मीडिया कर सकता है दूसरा कोई मंच नहीं कर सकता

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हये विचारक एवं नैशनल ब्क ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीबलदेव भाई शर्मा ने कहा कि भारत का वैदिक ज्ञान प्रकृति के संरक्षण का ज्ञान है और यूनेस्कों ने नारा दिया है आओ लौट चले जड़ो की ओर

सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए स्वागत करते हये अतिरिक्त म्ख्य सचिव नवराज संधू ने कहा कि विमर्श में मीडिया के प्रम्ख संस्थानों के संपादक संस्थाओं की हिस्सेदारी किसान सरोकार के प्रति गंभीरता का प्रमाण है महानिदेशक कृषि अजीत बाला जी जोशी ने कहा कि मीडिया चुनौतियों से रूबरू कराती है

इस अवसर अपने सम्बोध उन्होंने कहा कि इस सेंटर के बनने से पंचक्ला व आस पास के जिलों व राज्यों के स्विधा हो जायेगी आने वाले विधानसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट बारे श्री गोयल ने कहा कि हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हये सरकार अपना बजट पेश करेगी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राष्टीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सभी मांगों को सरकार पहले ही प्रा कर च्की है

इससे राज्य सरकार के बजट पर दूना अतिरिक्त बोझ पड़ा है

खेलमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को प्रस्कार राशि के लिए इंतजार नही करना पड़ा है बल्कि खिलाडियों को प्रस्कार राशि समय पर दी गई है

प्रचार रथ द्वारा टोल फ्री नंबर की जानकारी देने का अभियान जोंरो पर है प्रचार रथ दवारा अब तक पांच सौ पोलिंग स्टेशनस कवर किये जा च्के है यमुनानगर जिले में कल देर रात हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो य्वकों की मौत हो गई जानकारी के म्ताबिक गांव ब्ड़कला निवासी एक बाइक चालक य्वक की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई उधर गांव ग्गलों निवासी एक बाइक सवा य्वक हाइवे पर तेज गति से आ रहे टाटा एस की चपेट में आ गया अस्पताल पहुंचने पर डाकटरों ने उसे मृत घोषित कर दिया